राज्य में कोविड मरीजों की संख्या में तेजी से वृद्धि जारी

इक्यावन की हुई मौत

कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है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 सभी सुरक्षा उपायों का पालन करें और पैंतालीस वर्ष से ऊपर के सभी लोग बेहिचक टीका लगवाएं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 मास्क पहनें दो गज दूरी है जरूरी सुरक्षित दूरी बनाये रखें हाथ और मुंह साफ रखें प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि भारत ने एकजुट होकर पिछले वर्ष कोरोना को हराया है और देशवासी समान सिद्धांतों पर काम करते हुए एक बार फिर कोरोना को पराजित करेंगे कोविड उन्नीस महामारी से निपटने की तैयारियों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए श्री मोदी ने कहा कि प्रयासों में तेज गति तथा केन्द्र और राज्य सरकारों के बीच बेहतर समन्वय की जरूरत है बैठक में औषधि ऑक्सीजन वेंटीलेटर और वैक्सीनेशन के विभिन्न पक्षों पर विचार विमर्श हुआ

शनिवार को सात हजार आठ सौ सत्तर नये मामलों की पुष्टि हुई जबकि इससे पहले चौदह अप्रैल को चार हजार सात सौ छियासी पन्द्रह अप्रैल को छह हजार एक सौ तैंतीस और सोलह अप्रैल को छह हजार दो सौ तिरपन कोरोना संक्रमण के मामले सामने आये थे कोरोना संक्रमण के फैलाव की इस दर ने चिंता बढ़ा दी है स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले चौबीस घंटों में अब तक का सर्वाधिक सात हजार आठ सौ सत्तर नये मामले सामने आने के साथ प्रदेश में संक्रमितों की संख्या बढ़कर दो लाख साठ हजार पांच सौ तिरपन हो गयी है राज्य में अब कोविड के सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर उनतालीस हजार चार सौ संतानवे हो गयी है वहीं स्वस्थ होने की दर घट कर छियासी दशमलव नौ छह प्रतिशत हो गई है सबसे अधिक संक्रमण के मामले पटना जिले में दर्ज किये गये हैं पटना में एक हजार आठ सौ अंठावने नये मामलों की पुष्टि हुई है वहीं गया में छह सौ दस मुजफ्फरपुर में पांच सौ इकतालीस कोविड के नये मामले दर्ज किये गये हैं जबकि बेगूसराय में तीन सौ छब्बीस और भागलपुर में तीन सौ बाईस मामलों की पुष्टि हुई है अन्य जिलों से भी संक्रमण के नये मामले सामने आये हैं इधर पिछले चौबीस घंटों के दौरान प्रदेश में कोरोना से इक्यावन लोगों की मौत हुई है राज्य सरकार कोरोना के बढ़ते संक्रमण की रोकथाम के लिए आज कोई बड़ा निर्णय ले सकती है सरकार जिलाधिकारियों के साथ कोविड की समीक्षा करेगी और फिर आपदा प्रबंधन समूह की बैठक होगी इसके बाद सरकार अपने निर्णय की घोषणा करेगी इस संबंध में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि कोरोना संकट पर सर्वदलीय बैठक से प्राप्त सुझाव और रविवार को जिलाधिकारियों के साथ बैठक के बाद आगे की रणनीति पर निर्णय लिया जाएगा उन्होंने कहा कि राज्य सरकार संक्रमण की रोकथाम के लिए समय समय पर कार्य योजना की समीक्षा करती रहेगी और आवश्यकता के अनुसार उसमें बदलाव भी किया जायेगा इससे पहले राज्यपाल फागू चौहान ने सर्वदलीस बैठक को संबोधित करते हुये कहा कि कोरोना संकट से निपटने के लिए एकजुटता जरूरी है उन्होंने कहा कि यह सम्पूर्ण मानवता के लिए संकट की घड़ी है और सभी को एक द्रसरे की आलोचना के बिना आपसी सहयोग से इस महामारी से निपटने का प्रयास करना चाहिए देशभर में कोविड टीकाकरण का आंकड़ा बारह करोड़ पच्चीस लाख की संख्या पार कर गया है केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि इनमें इक्यानवे लाख सत्ताईस हजार वे स्वास्थ्य कर्मी शामिल हैं जिन्होंने कोविड से बचाव की पहली खुराक ली है और संतावन लाख से अधिक ऐसे स्वास्थ्य कर्मी हैं जिन्हें दूसरा टीका भी लग च्का है प्रदेश में कल एक लाख बीस हजार छह सौ तीन लोगों को कोविड से बचाव के टीके दिये गये अब तक प्रदेश में संतावन लाख तिरासी हजार दो सौ साठ लोगों का कोविड टीकाकरण किया जा चुका है इनमें से पचास लाख चौवालीस हजार पांच सौ ग्यारह लोगों को टीके की पहली डोज जबकि सात लाख अड़तीस हजार सात सौ उनचास लोगों को दूसरी खुराक दी गयी है अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के डॉक्टर नीरज निश्चल ने आकाशवाणी से बातचीत में सभी पात्र लोगों से कोविड टीका लेने की अपील की है उन्होंने कहा कि संक्रमण से बचाव के लिए प्राथमिकता के आधार पर टीका लेना जरूरी है बाईट जैसे जैसे केसेज बढ रहे हैं हमलोगों को समझने की जरूरत है कि हम कह रहे हैं कि वैक्सीन आपकी जान बचा सकता है अगर डरने की जरूरत है आप इस बीमारी से डरिए वैक्सीन से नहीं वैक्सीन सेफ और काफी इफेक्टिव है समझने की जरूरत है कि वैक्सीन का जो प्राइमरी काम है अगर बाइचांस आपको वैक्सीन लेने के बाद इनेफेक्शन हो भी गया तो किसी भी सीवियर बीमारी में कन्वर्ट होने से आपके जो बीमारियां इतने डेवलप न हो कि आपको वेंटिलेटर पर जाने की जरूरत पडे इन सब चीजों से बचाने में आपकी मदद करता है

कोविड की रोकथाम के लिए केन्द्र सरकार के निर्देशों के अनुरूप यह फैसला लिया गया है रेल मंत्रालय ने इस बारे में रेलवे के आंचलिक महाप्रबंधकों को पत्र लिखा है पत्र में कहा है कि कोविड के नियंत्रण संबंधी सभी निर्देशों का तत्काल प्रभाव से छह महीने तक पालन सुनिश्चित करें उधर सेना में भर्ती के लिए पच्चीस अप्रैल से दानापुर कटिहार और मुजफ्फरपुर में शुरू होने वाली प्रक्रिया को स्थगित कर दिया है यह जानकारी सेना भर्ती के निदेशक कर्नल तेजेन्द्र सिंह ने दी राज्य सरकार ने कोरोना संक्रमण के तेजी से बढ़ रहे मामले के बीच अस्पतालों में ऑक्सीजन की आवश्यकता और उपलब्धता की निगरानी करने के लिए एक नियंत्रण कक्ष का गठन किया है स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत ने कहा कि कोरोना संक्रमितों का इलाज कर रहे अस्पतालों में ऑक्सीजन की निर्बाध आपूर्ति बनाए रखने के लिए सरकार गंभीरता से प्रयास कर रही है उन्होंने कहा कि इस चार सदस्यीय राज्यस्तरीय नियंत्रण कक्ष का नेतृत्व स्वास्थ्य विभाग के विशेष सचिव अरविंदर सिंह करेंगे श्री अमृत ने कहा कि सरकार ने रेमडिसिविर दवा की आपात खरीद करने का भी निर्णय लिया है केन्द्र सरकार के हस्तक्षेप से रेमडेसिविर टीके की कीमत कम हो गई है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 सरकार के इस कदम से यह दवा किफायती मूल्यों पर उपलब्ध होगी केन्द्र सरकार ने बहुउद्देशीय डागमारा पनबिजली परियोजना को मंजूरी दे दी है सुपौल जिले में स्थापित होने वाली इस परियोजना से एक सौ तीस मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा जबकि इसके निर्माण में चौबीस सौ करोड़ रूपये खर्च होने का अनुमान है ऊर्जा मंत्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव ने डागमारा परियोजना को मंजूरी देने के लिए केन्द्र सरकार के प्रति आभार व्यक्त करते हुये कहा कि इस परियोजना का लाभ कोसी और आस पास के जिलों के लोगों को मिलेगा देश में बिहार समेत आठ पूर्वी राज्यों को जलवायु परिवर्तन की दृष्टि से संवेदनशील पाया गया है इस संबंध में किए गए एक राष्ट्रीय आकलन के आधार पर तैयार रिपोर्ट में कहा गया है कि बिहार समेत झारखंड मिजोरम ओडिसा छत्तीसगढ़ असम अरुणाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल जलवायु परिवर्तन के प्रति अत्यधिक संवदेनशील राज्य हैं

रेलवे ने आनंद विहार और जोगबनी के बीच एक जोड़ी समर स्पेशल एक्सप्रेस ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है इसका परिचालन कल से शुरू हो चुका है वहीं कटिहार से तेजनारायणपुर बरौनी तेलता सिलीगुड़ी और जोगबनी के बीच एक दर्जन पैसेंजर ट्रेनों को भी चलाने का निर्णय लिया गया है राजधानी पटना समेत प्रदेशभर के तापमान में कमी दर्ज की गयी है राज्य के उत्तरी और उत्तर पूर्वी भाग में तेज हवा और गरज के साथ बारिश हुई है वहीं सीमांचल में कई स्थानों पर ओले भी गिरे हैं मौसम विज्ञान केन्द्र पटना के वैज्ञानिक अभिषेक प्रकाश ने बताया कि चक्रवाती प्रभाव का क्षेत्र बनने के कारण अगले चौबीस घंटों के दौरान प्रदेश के उत्तर पूर्वी भागों में कुछ स्थानों पर गरज के साथ बारिश की सम्भावना है वहीं कुछ जगहों पर आंधी पानी के साथ ओले भी गिर सकते हैं

कल उदीयमान सूर्य को अर्घ्य अर्पित करने के साथ ही चार दिवसीय महापर्व सम्पन्न हो जायेगा कोरोना संकट के मद्देनजर व्रतियों ने अपने घरों में ही जलाशय बनाकर अर्घ्य देने की व्यवस्था की है मुंगेर जिला पुलिस ने पन्द्रह वर्षो से फरार चल रही महिला नक्सली प्रमिला कोड़ा को गिरफ्तार कर लिया है अपर पुलिस अधीक्षक अभियान राजकुमार राज ने बताया कि एसटीएफ और पुलिस ने संयुक्त रूप से छापेमारी कर गौरेया गांव से महिला नक्सली को गिरफ्तार किया है सारण जिले के पूर्वोत्तर रेलवे के छपरा जंक्शन से जीआरपी ने नशाखुरानी गिरोह के एक सदस्य को बीस नशीली दवा के साथ गिरफ्तार किया है अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने प्रदेश में कोरोना संक्रमण की रिकॉर्ड बढ़ोतरी को प्रमुखता से प्रकाशित किया है हिन्दुस्तान ने कोरोना संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए राज्य सरकार की कोशिश से जुड़ी खबर को सुर्खी बनाते हुये लिखा है बिहार में बड़े फैसले आज दैनिक जागरण ने टीकाकरण से जुड़ी खबर का शीर्षक लगाया है दो लाख डोज मिलते ही आई तेजी एक लाख बीस हजार लोगों को लगा टीका दैनिक भास्कर ने निजी अस्पतालों में कोरोना के इलाज से जुड़ी खबर का शीर्षक लगाया है निजी अस्पताल अठारह हजार रूपये से अधिक नहीं ले पायेंगे प्रभात खबर की सुर्खी है चारा घोटाले में लालू को हाई कोर्ट से मिली जमानत आज अखबार की सुर्खी है बंगाल में छिटपुट हिंसा के बीच बंपर वोटिंग राष्ट्रीय सहारा का शीर्षक है पटना स्मार्ट सिटी में उनतीसवें पायदान पर

राज्य में कोविड मरीजों की संख्या में तेजी से वृद्धि जारी

इक्यावन की हुई मौत